एक प्रार्थना सम्बोधन में महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में कहा था

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं

श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के लिए नए तौर तरीकें अपनाने होगें श्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि ये हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा से भर देते थे

उन्होंने इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य के लिए दो वेबसाइटों कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क की प्रशंसा की श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए

भगतसिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने अपने जीवन की चिंता किये बगैर ऐसे साहसिक कार्यो को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा

यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती

उन्होंने कहा कि जेपी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है

उनका लम्बी बीमारी के बाद आज नई दिल्ली में निधन हो गया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद उपराष्ट्रपति एम वैकें या नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जसवंत सिंह की मृत्यू पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि जसवंत सिंह ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति से जुड़कर राष्ट्र की सेवा की राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री सिंह के निघन पर दुख जताया है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह र्शेखावत ने भी जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि मारवाड़ की धरती ने युग पुरूष को खो दिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें वीर सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ बताया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जसवंत सिंह को राष्ट्र भक्त सैनिक और सच्चा राजनेता बताते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा

पर्यटन को ट्रस्ट क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल कर सामान्य लाभों के तहत ब्याज अनुदान तथा कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा वहीं परिधान और कपड़ा उद्योग को अपशिष्ट शोंधन संयत्र यानि ईटीपी पर देय अनुदान की सीमा एक करोड से बढ़ाकर दो करोड़ रूपये कर दी गई है

श्री गहलोत ने यह सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों और सम्बन्धित नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा

मतदान सुबह साढ़े सात से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा

इसके लिए मतदान दल आज रवाना हुए इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ विशेष सतर्कता बरती जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं को मतदान के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी वहीं मतदान कर्मियों को भी मास्क लगाने के साथ अन्य आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी

कोविड से मृत्युदर एक दशमलव पांच आठ प्रतिशत है

इस अवसर पर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले संरक्षित स्मारकों में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया पर्यटन दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ बूंदी में आज सैलानियों के लिए कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई सवाईमाधोपूर और बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम और झालावाड़ में विचार गोष्ठी का आयोजन े किया गया हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि इन दिनों शहर में देशी सैलानियों की आवक शुरू हो गई है हालांकि इनकी संख्या काफी कम है

शुरूआती मैच में मिली जीत के बाद राजस्थान की टीम उत्साह से भरी हुई है जबकि पंजाब की टीम ने भी मौजूदा सीजन में अपने दो में से एक मैच को जीता है